मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें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

मुख्यमंत्री आज लोक भवन में अयोध्या के पर्यटन विकास कार्यो के प्रस्त्रतीकरण का अवलोकन कर रहे थे उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास कार्यो की योजना बनाकर उसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाये उन्होंने कहा कि अयोध्या आने वाले लोगों को यहां सभी स्तरीय सुविधाएं मिलनी चाहिये इसके लिये सभी जन सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था के साथ साथ यातायात व्यवस्था को भी सुगम बनाया जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या का विश्व के मानचित्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हैं यहां पर्यटन की असीम संभावनाएं है

उन्होंने कहा कि इसके लिये संबंधित विभागों द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए कार्य किये जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपदों में तैनात नोडल अधिकारियों को धान और गन्ना क्रय केन्द्रों पर निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने अधिकारियों से गौआश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं तथा विशेष वरासत अभियान के कार्यो की निगरानी करने के लिये भी कहा है

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मूख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे आवासों के कार्यो की लगातार मानीटरिंग करने के अधिकारियों को निर्देश दिये उन्होंने माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं विशेषकर कल्पवासियों व साधु संतों को सभी सुविधाए उपलब्ध कराने के लिये सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के लिये भी कहा राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित सेमिनार को कल राजभवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया

उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बाजपेई जी की त्यागपूर्ण नेतृत्व में अतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का मान सम्मान बढ़ाया वह सदैव याद रखे जायेंगे उन्होंने आजादी के बाद भारत की घरेलू एवं विदेश नीति को आकार देने में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई केन्द्रीय परिवहन राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्री नीतिन गडकरी ने कहा है कि सरकार देश के आधारभूत क्षेत्र में विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है

उन्होंने भारत को पहले नम्बर की वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण के बारे में बताया श्री गडकरी ने कहा कि देश में केन्द्र सरकार कुटीर लघु मझौले और सूक्ष्म उद्यमों को बढावा देने के लिए सभी उपाय कर रही है श्री गडकरी का साक्षात्कार आज रात सवा नौ बजे एफ एम गोल्ड चनल पर सुना जा सकता है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

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की सरकार गरीबों और किसानों क लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है उन्होंने कहा कि गांव में किसानों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन आवास और शौचालय समेत समस्त मूलभुत सुविधाएं दी गई है उन्होंने कहा कि अमेठी में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किये गये हैं कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अमेठी में सड़कों को गढ्ढा मुक्त बनाने और मार्गो के सुदृढ़ीकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में लोगों को सभी मूलभुत सुविधाएं प्रदान की गई कार्यक्रम के दौरान उप मख्यमंत्री ने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल कृत्रिम उपकरण और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति के चेक भी प्रदान किये प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप भले ही कम हो रहा हो लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है कन्टेनमेंट क्षेत्रों और अधिक संक्रमण वाले इलाके में रोगियों की संख्या घटी है

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमण की जांच की गयी है और बड़ी संख्या में लोगों से सम्पर्क किया गया है उन्होंने अभी हाल में ब्रिटेन से आये लोगों से अपना आरटीपीसीआर टस्ट कराने की अपील की है

उन्होंने कहा कि जिन देशों में कोरोना का नया स्ट्रेन देखा गया है ऐसे देशों से प्रदेश में आये लोगों को क्वारंटीन कर उनकी जांच की जाये मुख्यमंत्री आज एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने कांटैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस की व्यवस्था को प्रभावी बनाये रखने तथा कोविड अस्पतालों में सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरूस्त रखने के लिये कहा है

पत्र सूचना कार्यालय उन सभी पत्रकारों की जानकारी एकत्र कर रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई इसका उद्देश्य ऐसे पत्रकारों के परिजनों को सहायता पहुंचाना है पत्र सूचना कार्यालय ने ऐसे पत्रकारों के परिजनों को एक निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है मिर्जापुर के खुटहा गांव में ड्रोन की मदद से खेत में बुआई का ट्रायल किया गया बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर रमेश चन्द्र के निर्देशन में एक टीम ने किसानों को ड्रोन सिस्टम से बुआई करने के बारे में जानकारी दी